तीन मई की सुबह पांच बजे तक चलने वाले पखवाडे के दौरान सभी कार्यस्थल बाजार और प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे पहचान पत्र के साथ जिला प्रशासन गृह वित्त पुलिस जेल होमगार्ड कंट्रोल रूम वॉर रूम नागरिक सुरक्षा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन आपदा प्रबंधन खाद्य और नागरिक आपूर्ति नगर निगम नगर विकास प्रन्यास बिजली पानी स्वच्छता टेलीफोन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा सम्बन्धी कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी केन्द्र सरकार की आवयक सेवाओं से जुडे कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे इनके अलावा सभी कार्यालय बन्द रहेंगे टिकिट दिखाने पर रेल बस मेट्रो और हवाई जहाज में यात्रा के आवागमन किया जा सकेगा अस्पताल दवाई की दुकानें लैब भी खुले रहेंगे सब्जी फल दूध और किराना की थोक और ख्वदरा द्वकाने शाम पांच बजे तक ख्वली रहेंगी सब्जियों और फलों को ठेले साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन के जरिये शाम सात बजे तक बेचा जा सकेगा मंडियों में फसल खरीद की छूट रहेगी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खूली रहेंगी टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी उद्योग और निर्मोण से सम्बन्धित इकाईयों में काम करने की अनुमति होगी जिससे श्रमिकों का पलायन रोका जा सके मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने को कहा है ताकि श्रमिकों का आवागमन बाधित न हो बैंक एटीएम पेट्रोल पम्प एलपीजी रिटेल आउटलेट और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे इस पखवाडे के दौरान सार्वजनिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रर्णतया रोक रहेगी खेलकृद और मनोरंजन के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे मॉल और सिनेमाघर बन्द रहेंगे सभी शिक्षण संस्थाएं कॉचिंग और लाइब्रेरी भी बन्द रहेगी जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं और लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता भी दी जा सकती है

शिक्षक और कार्मिक अपने मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रॉम होम करेंगे वर्क फ्रॉम होम के दौरान समस्त कार्मिक अपने मोबाइल ऑन रखेंगे और प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे

जयपुर के अलावा तीन अन्य जिलों जोधपुर कोटा और उदयपुर में नये मरीजों के संख्या एक हजार के पार पहुंच गई

झन्झन के चिडावा में नगरपालिका अध्यक्ष ने खुद कस्बे में सोडियम हाइपो क्लोराइट का छिडकाव कर सेनेटाइज किया और लोगों से अपील की कि कोविड गाइडलाइन की पालना करें बारा जिले में जन अनुशासन पखवाडे की एडवाइजरी की पालना करवाने के लिए पुलिस बाजारों में गश्त कर रही है बांसवाडा जिला कलेक्टर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक की ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी चर्चा की गई

यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्दधन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है